हालांकि नये मरीजों के मिलने का सिलसिला भी जारी है

दो मरीज अन्य राज्य के संक्रमित मिले है

राज्य में अनलॉक वन के तहत होटल रेस्टोरेंट क्लब शॉपिंग मॉल्स तथा अन्य अतिथि सेवाए कल से दुबारा शुरू होगी इसके अनुसार इन सभी इकाईयों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी की पूरी पालना करनी होगी

इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने के बारे में धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कल वीडियो कांफेंन्सिंग के मध्यम से चर्चा की चर्चा में आये सुझावों के आधार पर धर्मस्थल फिलहाल नहीं खोलने का निर्णय किया गया इस बारे में राज्य सरकार जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करेगी जिससे प्राप्त सुझावों के आधार पर ही इस बारे में आगे फैसला किया जाएगा

गृह विभाग द्वारा निजी बसों को चलाने की अनुमति भी मिल चुकी है लेकिन निजी बस संचालक टैक्स माफी की मांग पर अड़े हैं परिवहन आयुक्त रवि जैन ने आकाशवाणी को बताया कि निजी बस संचालकों के तीन महीने के टैक्स माफी प्रस्ताव को सरकार को भेज दिया गया है राज्य के बाघ संरक्षित क्षेत्र कल से पर्यटकों के लिए खुल जायेंगे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए है

प्रदेश के विभिन्न जिलों के अभ्यारण्यों में वन्य जीव गणना का काम जारी है अलवर के सरिस्का बाघ अभयारण्य क्षेत्र में वन्यजीवों की गणना कल तक चलेगी यह गणना वनकर्मियों द्वारा कैमरा एप की सहायता से की जा रही है इससे पहले कई जिलों में वाटर हॉल पद्वति के आधार पर वन्यजीव गणना का कार्य किया गया

एसीबी द्वारा आरोपी के कोटा स्थित आवास में भी तलाशी की कार्रवाई जारी है

बाडमेर में जिला कलक्टर ने बायतू क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों का जायजा लिया